भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का आग्रह किया है

ट्रम्प दौरा राष्ट्रपति डोनल्डट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सीमित सदस्यों वाले शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे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 श्री मोदी ने इस बातपर जोर दिया कि दोनों देशों की लोकतांत्रिक परम्पराओं की बुनियाद मजबुत संबंधों में निहित हैं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 अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि दोनों देश अपने अपने नागरिकों को आतंकवाद से बचाने के लिए वचनबद्व है श्री ट्रम्पने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद और आतंकी विचार धारा से संघर्ष के लिए वचनबद्व हैं और इसी लिए अमरीकी सरकार पाकिस्तान में आतंकी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है राष्ट्रपति ट्रम्प अपनी पत्नी मिलानिया पृत्री इवांका और दामाद जेरेड कृश्नर तथा अमरीकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों समेत समारोह में उपस्थित थे श्री ट्रम्प और उनके परिवार के सदस्य कल शाम उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने गये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के सभी भाषा संस्कृति को संरक्षित करेगी कल झारखंड मंत्रालय में कोल्हान के मानकी सह न्याय पंच के प्रतिनिधि मंडल ने चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के नेतृत्व में उनसे भेंट की प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन साँप कर हो भाषा अकादमी का गठन करने जनजातीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्राथमिक से एमए तक की पढ़ाई में इन्हें शामिल करने का अनुरोध किया सुनवाई पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई के विषेष जज ए के मिश्र की अदालत आज फैसला सुनायेगी बारह फवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पच्चीस फरवरी की तारीख तय की थी फैसला झारखंड में बिहार और दूसरे राज्यों के आदिवासियों पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा बिहार के स्थायी निवासी को भी झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए रंजीत कमार और अन्य अपील कर्ताओं की अपील खारिज कर दी महाधिवक्ता ने अदालत के र्फसले की जॉनकारी देते हुए बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच की दो जजों ने इस संबंध में फैसला दिया है बिहार के आरक्षित वर्ग के लोग झारखंड के आरक्षित वर्ग के नहीं माने जाएंगे

झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के बाद भाजपा ने श्री मरांडी को विधायक दल का नेता चना है भाजपा विधायक दल की बैठक में अनंत ओझा के प्रस्ताव का अनुमोदन विरंची नारायण और नीलकंठ सिंह मृण्डा ने किया सभी पच्चीस विधायकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है कल प्रदेष भाजपा मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में पार्टी के महामंत्री पी मुरलीधर के समक्ष यह निर्णय लिया गया भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह ने कहा कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के नाम एक पत्र में श्री मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने का आग्रह किया गया है विधानसभा सचिवालय को बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय करने संबंधी पत्र भी दिया जा चुका है मिषन इंद्रधनुष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है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

यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है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

उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता मंत्रालय के अधिकारियों पर निर्मर करेगी इस अवसर पर श्री तोमर ने जियो अरबन नाम के एक मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की जिसका इस्तेमाल शहरी बस्तियों में संपत्तियों की जियो टेगिंग के लिए किया जाता है

मौसम विभाग ने कहीं कहीं तेज बारिष का अनुमान लगाया है साथ ही कहा है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है पलामू और गढ़वा जिले में ओलावृष्टि हुई है पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में आंधी तुफान के साथ बारिष हुई है और ओले गिरे हैं गढ़वा जिले के मझियाओ बरडीहा प्रखण्ड में ओला गिरने से फसलों का नुकसान हुआ है ग्ममला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में चपका गांव के पास कल शाम एक मोटरसाइकिल और स्कूटी के बीच सीधी भिड़ंत में स्कूटी सवार दंपति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में भर्ती कराया गया है गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी गांव में डायन विषाही के आरोप में पीटाई से घायल साठ वर्षीय भोला उरांव की कल इलाज के दौरान मौत हो गई मृतक के पुत्र ने हत्या का आरोप तीन लोगों पर लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है